बिहार से इस योजना की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके तहत बीस हजार करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है

उन्होंने कहा कि देश में नीली कांति के लिए लगातार काम हो रहा है सरकार आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि गांवों को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण आज शुरू की गई योजनाओं का उददेश्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है

श्री मोदी ने वर्च्अल माध्यम से किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला एप भी लॉन्च किया इस एप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशु पालन क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रमों का भी उदघाटन किया कार्यक्रम में केन्द्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित अधिकारीगण वर्चअल माध्यम से शामिल हुए कार्यक्रम के अंत में श्री मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन आने से पहले सोशल वैक्सीन के उपयोग से कोरोना से बचा जा सकता है पांच रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला वायुसेना अड्डे पर आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल की गई इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौजूद थीं

इस प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलिकॉप्टर ऐरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का वायुसेना बेड़े में शामिल होना देश के लिए ऐतिहासिक पल है श्री सिंह ने कहा कि रफाल का शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है

प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है